शीर्ष न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा

प्रदेश में डेंगू का प्रकोप जारी

उच्चतम न्यायालय में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले की चल रही सूनवाई आज प्री हो गयी न्यायालय ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने लगातार चालीस दिनों तक रोजाना सुनवाई की पीठ ने दोनों पक्षों को तीन दिन का और समय दिया है कि अगर वे चाहें तो अपनी याचिका में की गयी मांग में कुछ बदलाव कर सकते हैं पीठ के अन्य न्यायाधीशों में एसए बोवड़े डी वाई चंद्रचूड़ अशोक भूषण और एसए नजीर शामिल हैं पटना उच्च न्यायालय ने पिछले दिनों राजधानी में हुए जलजमाव मामले में राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगायी है इस मामले में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों का तबादला किया जाना ही काफी नहीं है न्यायालय ने इस मामले में दानापुर नगर परिषद् और बुड्को को पार्टी बनाने का निर्देश दिया है मामले की अगली सुनवाई अठारह अक्टूबर को होगी गौरतलब है कि सितंबर माह के अंत में महज तीन दिन की बारिश में राजधानी का अधिकतर इलाका जलमग्न हो गया पटना के अधिकांश इलाकों में बाढ़ जैसी रिथति पैदा हो गई और सप्ताह भर तक लोग अपने अपने घरों में बंद रहने को मजबूर हो गये थे प्रदेश में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है पटना के जल जमाव वाले क्षेत्रों से डेंगू के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आज भी डेंगू के लक्षण वाले कई लोगों को भर्ती कराया गया है इधर भाजपा के एक अन्य विधायक नितिन नवीन को भी डेंगू के लक्षणों के साथ पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है वहीं जानकारी के अनुसार पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता राजीव लोचन की डेंगू के कारण मृत्यू हो गयी मृतक अधिवक्ता को दो दिनों पहले डेंगू के लक्षणों के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां जांच में डेंगू की पुष्टि हुई थी प्रलिस महानिदेशक ग्रप्तेश्वर पांडेय ने कहा है कि जहानाबाद उपद्रव मामले में किसी भी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी पटना में भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सीपी ठाक्र के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद श्री पांडेय ने भरोसा दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच करायी जायेगी इधर हिंसा के बाद शहर में स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है कल शहर में इंटरनेट सेवा भी बहाल कर दी गयी निषेधाज्ञा में ढील दिये जाने के बाद शहर में बाजार और दुकानें खुलने लगी हैं हालांकि एहतियात के तौर पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल अब भी तैनात हैं समस्तीपुर लोकसभा और विधानसभा की पांच सीटों पर उप चुनाव को लेकर प्रचार तेज हो गया है मतदान की तारीख इक्कीस अक्टूबर के नजदीक आने के साथ ही विभिन्न दलों के नेता अपने अपने दलों के प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिये कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने सिमरी बख्तियारपूर नाथनगर और बेलहर में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में चूनावी सभाओं को संबोधित किया श्री मोदी ने सिमरी बख्तियारपुर में जदयू के अरूण यादव के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और राजद के कुशासन को जनता भूल नहीं सकती है इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नाथ नगर विधानसभा क्षेत्र के सबौर में राजद प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया उन्होंने एनडीए सरकार पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया लोजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एनडीए के प्रत्याशी लोजपा के प्रिंस राज के समर्थन में समस्तीपूर लोकसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर जनसंपर्क अभियान चलाया जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल से एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे वे बेलहर और दरौंदा विधानसभा सहित समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में कल चूनाव प्रचार करेंगे भाजपा नेता और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने भी लोजपा प्रत्याशी के पक्ष में समस्तीपुर में मुजौना कुनास और पूसा में जनसंपर्क अभियान चलाया इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने समस्तीपुर में कांग्रेस प्रत्याशी अशोक कुमार के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित किया मुजफ्फरपुर जिले के देवरिया थाना क्षेत्र से पुलिस और एसएसबी ने दो कट्टर नक्सलियों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार नक्सलियों इमरान और मन्नान अंसारी के पास से एक पिस्तौल एक रायफल और कई कारतूस बरामद किये गये हैं वहीं गया जिले के रामपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक नक्सली संगठन के सदस्य विकास कुमार को लगभग दो लाख रूपये नकद के साथ गिरफ्तार किया है बताया जाता है कि वह नक्सलियों के लिये लेवी वसूलने का काम करता था एक अन्य घटना में रोहतास जिले में कैमूर पहाड़ी इलाके में सक्रिय नक्सली विनोद सिंह खरवार ने नौहट्टा थाने में आत्मसपर्मंण कर दिया दरभंगा जिले में जल जीवन और हरियाली योजना के तहत सरकारी तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है इसी कड़ी में आज जिलाधिकारी त्यागराजन के नेतृत्व में जिला प्रशासन की टीम ने नगर स्थित हराही पोखर को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई शुरू कर दी इधर औरंगाबाद जिले के समाहरणालय सभागार में केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक में राज्य भर के नहरों तटबंधों और जलाशयों की निगरानी ड्रोन तथा अन्य अत्याध्रनिक माध्यमों से कराने का निर्णय लिया गया है उत्तर कोयल नहर परियोजना के अधीक्षण अभियंता संजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि ड्रोन कैमरे की मदद से नहर या तटबंध ट्रटने की जानकारी तुरंत मिल सकेगी जिसके बाद उनकी मरम्मत का काम शीघ्र किया जा सकता है पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में दो दिवसीय विश्व गांधी शांति सम्मेलन आज सम्पन्न हो गया इसमें देश विदेश के विभिन्न हिस्सों से अनुभवी गांधीवादियों और युवा नेताओं ने भाग लिया पड़ोसी देश श्रीलंका नेपाल भूटान बांग्लादेश के अलावा मलेशिया से भी प्रतिभागी शामिल हुए जाने माने वयोवृद्ध गांधीवादी डॉ एसएन सुब्बा राव ने युवाओं को गांधी जी के सिद्धांतों और संदेशों के बारे में बताया उन्होंने कहा कि विश्व में शांति और सद्भाव के लिये सर्व धर्म प्रार्थना सभा आयोजित की जानी चाहिए

संदेश क्या है यहां का अहिंसा के शक्ति का संदेश है यहां जब मोहन दास करमचंद गांधी आये मोतिहारी अब महात्मा बनकर गये इतनी बड़ी शक्ति है यहां के पुण्य भूमि में और आज भारत और दुनिया को आवश्यकता है इस संदेश का राज्यपाल फागु चौहान ने कहा है कि राष्ट्र धर्म से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है श्री चौहान ने कहा कि जब हरेक इंसान को मुल्क के जर्रे जर्रे से मोहब्बत होगी तभी कौमी एकता मजबूत होगी और देश तेजी से तरक्की कर पायेगा राज्यपाल आज पटना में मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय अखंडता विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे गोपालगंज जिले में थावे के बंगरा गांव में अपराधियों ने एक वाहन चालक से तीन लाख रूपये लूट लिये

वहीं मुजफ्फरपुर के बी आर अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय परिसर स्थित बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र से अपराधियों ने दो लाख रूपये लूट लिये पूर्व मध्य रेलवे के पूर्णिया और सहरसा स्टेशनों के बीच ट्रेनों की गति बढ़ा दी गयी है रेलवे अधिकरियों ने बताया कि दौरम मधेपुरा से मुरलीगंज मुरलीगंज से बनमनखी और बनमनखी से प्रर्णिया कोर्ट तक ट्रेनों की अधिकतम गति सीमा में बढोतरी की गयी है समस्तीपुर जिले के वारिसनगर विथान शिवाजी नगर और पूसा में अलग अलग घटनाओं में डूबने से सात बच्चों की मौत हो गयी बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खंजापुर में दोहरे हत्याकांड मामले में पूलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है पूलिस अधीक्षक ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि जमीनी विवाद के कारण हत्याकांड को अंजाम दिया गया शिवहर पुलिस ने केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य सदानंद सिंह यादव से पंद्रह लाख रूपये की रंगदारी मांगने वाले कुख्यात अपराधी अरविंद सिंह उर्फ पट्टा को गिरफ्तार कर लिया है कैमूर जिले के अधौरा थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल की टक्कर से एक वृद्ध समेत दो लोगों की मौत हो गयी पटना में बढ़ती अपराधिक घटनाओं को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक गरिमा मलिक ने राजधानी के पंद्रह थानेदारों से स्पष्टीकरण मांगा है सीतामढ़ी शहर में मिलावटी मिठाई बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ आज कार्रवाई की शुरूआत की गयी

शीर्ष न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा

प्रदेश में डेंगू का प्रकोप जारी